कल राजस्थान के पाली जिले में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की एक सौ इक्यावनवीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संतों और महात्माओं ने स्वाधीनता आंदोलन को सुद्ध करने और आगे बढाने में महत्वपर्ण भुमिका निमाई थी प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल आध्यात्मिक आभा का वर्ष है और प्रेरणा देने वाला है श्री मोदी ने कहा कि आचार्य वल्लम ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्मर बनाने का प्रयास किया उन्होंने कई राज्यों में कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना की प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन संस्थाओं का ऋणी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप अउर माइ जीओवी गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शन्य शन्य एक एक सात आठ शन्य शन्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं रिकार्ड किए गए कृछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं त्योहारों के इस मौसम में खादी उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री की वजह से खादी कारीगरों को काफी लाम मिला है नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्रमुख खादी इंडिया आउटलेट में दो अक्टबर से मात्र चालीस दिन के अन्दर खादी की एक दिन में हई बिक्री का आंकडा चार बार एक करोड रूपये को पार कर गया खादी के इस वितरण भंडार में तेरह नवंबर को कल बिक्री एक करोड ग्यारह लाख रुपये रही जो इस साल की एक दिन में सबसे अधिक बिक्री का आंकड़ा है जब से लॉकडाउन के बाद व्यापारिक गतिविधियां दोबारा शुरू हई हैं तबसे खादी की बिक्री का आंकडा इस वर्ष गांधी जयती पर एक करोड दो लाख रुपये तक पहच गया इसके बाद चौबीस अक्टबर को एक करोड पांच लाख और सात नवंबर को एक करोड छह लाख रूपये की बिक्री हई खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील के कारण बड़े पैमाने पर बिक्री हई है उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हए कहा कि खादी पसंद करने वाले लोगों ने ग्रामोद्योग क्षेत्र में कारीगरों को बडा सहयोग दिया है प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है और स्वस्थ होने की दर में भी वृद्धि हो रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगे जिलों में अधिक सतर्कता बरतने का फैसला किया है राष्ट्रीय राजघानी क्षेत्र से सटे हए जिलों में हाल ही में कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हई है और इसी वजह से ऐसे इलाकों में खास एहतियात बरता जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कई बार अधिकारियों से लखनऊ और मेरठ जिलों में खास साक्षानी बरतने को कहा है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमणंबबब के मामलों में कमी आने के बावजूद भी कोविड के परीक्षणों में कोई कमी नहीं की गई है और यह पहले की तरह ही किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि त्योहारों के मदेनजर हर व्यक्ति को काफी साक्वानी बरतनी चाहिए और सामाजिक दूरी के सभी नियमों का पालन करना चाहिए

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी को देखते हए अपने पेंशनधारकों को अपने घर के पास ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए अनेक विकल्प दिए हैं इन समी वैकल्पिक माध्यमों से जमा कराया गया जीवन प्रमाण पत्र समान रूप से वैद होगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक सौ पैंतीस क्षेत्रीय कार्यालयों और एक सौ सत्रह जिला कार्यालयों के अलावा पेंशन देने वाले बैंक की शाखा या निकटतम डाक घर में भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया जा सकता है यह प्रमाण पत्र देशभर में फैले सामान्य सेवा केन्द्रों और ईपीएफ पेंशन धारक उमंग ऐप पर जमा कराए जा सकते हैं